प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक लगभग उनतीस करोड़ गरीबों के बीच चौंतीस हजार आठ सौ करोड़ रूपये वितरित किये जा चुके हैं इस वर्ष मार्च में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत महिलाओं गरीबों वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राषि दी जा रही है केन्द्र और राज्य सरकार लगातार इन कार्यक्रमों की निगरानी कर रहे हैं

मनरेगा योजना के तहत लगभग छह करोड़ कार्य दिवस का सुजन किया गया है और राज्यों को इस मद में खर्च के लिए इक्कीस हजार बत्तीस करोड़ रूपये जारी किये गये हैं

इस सिलसिले में आज केरल के एर्नाकुलम से प्रवासी मजदूरों को लेकर विषेष रेलगाड़ी हटिया स्टेषन पहुंची स्टेषन पर जिला प्रषासन के अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया और मजदूरों की स्क्रीनिंग की गयी केरल से आये प्रवासी मजदूरों ने सरकार के प्रति आभार जताया उधर ग्जरात के सूरत और पंजाब के जालंधर से दो विषेष रेलगाड़ी आज सवेरे धनबाद और पलामू पहची सभी मजदूरों को सोषल डिस्टेंसिंग के तहत स्टेषन से बाहर निकाला गया और स्वास्थ्य जांच के बाद बस के माध्यम से घर भेजा गया प्रवासी मजदूरों को एहतियात के तौर पर चौदह दिनों तक होम कोरेंटीन में रहने की सलाह दी गयी

श्री कुलकर्णी आज रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में अब तक छियालीस कंटेनमेंट जोन कार्यरत हैं जिसमें लगभग बत्तीस हजार परिवार रह रहे हैं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि सरकार कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है

उन्होंने आज द्रमका में इस आषय की जानकारी पत्रकारों को दी उपायुक्त ने बताया कि दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज एक मई को गुड़गांव से वापस दुमका लौटे थे जिन्हें सरैयाहाट कोरेंटीन सेंटर में रखा गया था

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड ने वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए जीएसटी ऑडिट और वार्षिक रिर्टन भरने की तारीख तीस सितम्बर दो हजार बीस कर दी है

नक्सल प्रभावित खूंटी जिले की फुदी पंचायत में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल दो हजार नौ बटालियन की ओर से ग्रामीणों के बीच चावल दाल सरसों तेल हल्दी साबुन के अलावा मास्क और सेनिटाइजर बांटे गये इस मौके पर कोबरा बटालियन के सुरक्षा बलों ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान ग्रामीणों के बीच राहत सामग्री का वितरण कर कोरोना संकमण से बचाव के लिए उन्हें जागरूक किया गया

इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के दौरान कृषि विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि बिरसा कृषि विष्वविद्यालय के सहयोग से नई नई तकनीक और उन्नत कृषि को लेकर कार्य योजना बनायी जा रही है

श्री सिन्हा ने बताया कि इसके साथ ही गिरिडीह जिला कोरोना से संकमणमुक्त हो गया है हालांकि जिला प्रषासन कोरोना संकमण के प्रभाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और लॉक डाउन के दौरान आवष्यक दिषा निर्देषों का अनुपालन किया जा रहा है

लोगों के खाते में जन धन योजना और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की राषि भेजी जा रही है अधिकांष किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राषि उपलब्ध करा दी गयी है किसान अपनी जरूरत की सामग्रियों की खरीदारी कर राहत महसूस कर रहे हैं

सरकार ने इस गूगल फॉर्म से लिंक व्हाटस एप संदेश को फर्जी बताया है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार ने इस प्रकार का कोई फॉर्म जारी नहीं किया है लोगों को इस लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है और दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये ही पंजीकरण कराने को कहा गया है

एक एथिकल हैकर द्वारा ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताये जाने के बाद सरकार का यह स्पष्टीकरण आया है